संसद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक दो हजार अठारह पारित किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जायेगा विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि मामले की जांच अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि यदि इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाता तो जांच में देरी होती क्योंकि एजेंसी नये सिरे से पूरे मामले की पड़ताल करती इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीबीआई जांच की मांग को दोहराते हुए कहा है कि विपक्ष को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है वहीं दूसरी ओर इस मामले में गिरफ्तार बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन की पत्नी ने आरोप लगाया है कि बालिका गृह में कई सफेदपोशों का आना जाना था उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा बराबर बालिका गृह आते थे जिसकी जांच होनी चाहिए इधर समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इन आरोपों पर कहा है कि विपक्ष उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है श्रीमती वर्मा ने कहा कि उनके पति एकबार बालिका गृह गये थे तभी उनके साथ वे खुद मौजूद थी उन्होंने कहा कि यह आरोप उन लोगों के परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है जिनकी इस कांड में संलिप्तता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में पटना उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी न्यायमूर्ति डाक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ प्रदेश के अन्य अल्पावास गृहों की स्थिति पर भी सुनवाई करेगा ऐसी घटनाओं को लेकर पहले से भी हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं जिस पर अब एक साथ सुनवाई होगी

आरोपी पूर्व महाप्रबंधक पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से होटलों की बोली करवा कर सुजाता होटल्स ग्रूप को फायदा पहुंचाया था संसद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक दो हजार अठारह पारित कर दिया है इस विधेयक में कर चोरी और बैंकों के ऋण घोटाले के आरोपियों के देश छोड़कर भागने की स्थिति में उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है राज्यसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके जरिए भारतीय कानून प्रक्रिया और अदालती कार्रवाई से बचकर भागने के रास्ते बंद हो जायेंगे इस विधेयक में एक सौ करोड़ रूपये या उससे अधिक के अपराध करने वाले आर्थिक भगोड़ों पर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि कानून के तहत आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जायेगा

आरोप है कि ट्रिब्यूनल की ओर से इस अवधि के दौरान निष्पादित मामलों में एक ही व्यक्ति को कई बार मुआवजे की राशि दी गयी बिहार विधान सभा में वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए उन्नीस हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ रूपये का अनुप्रक बजट पास हो गया है इस पर चर्चा का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विकास योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी श्री मोदी ने सदन को भरोसा दिलाया कि सूखा से लड़ने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले बारह घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने के कारण अगले तीन दिनों तक प्रदेश भर में बारिश के आसार है विभाग के अनुसार गया में अड़तीस दशमलव दो मिली मीटर भागलपुर में सोलह दशमलव चार नवादा में सत्रह मधुबनी में चौदह और औरंगाबाद में ग्यारह मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गयी पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के बावजूद प्रदेश में वर्षा का औसत अभी भी सामान्य से बयालीस फीसदी कम है कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक मात्र दो सौ संतावन मिलीमीटर बारिश हुई है जबकि इस दौरान का औसत कम से कम चार सौ छियालीस मिलीमीटर होना चाहिए वैशाली सारण पटना सहरसा मुंगेर सीवान भोजपुर और शेखपुरा जिले में तीस प्रतिशत भी बारिश नहीं हुई है कम बारिश के चलते आठ लाख इकहत्तर हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही धान की रोपनी हो सकी है जो कुल रकबे का मात्र पच्चीस दशमलव छह तीन प्रतिशत है इधर सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार इकतीस जुलाई को समीक्षा बैठक करेगी जिसमें अंतिम तौर पर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला किया जा सकता है राज्य सरकार ने अक्षर आंचल योजना के तहत टोला सेवक और शिक्षा स्वयंसेवियों के नियोजन पर लगी रोक को हटा लिया है शिक्षा विभाग ने इस संबंध में चयन और सेवा शर्त मार्गदर्शिका तैयार करने के बाद सभी जिलों को नियुक्ति संबंधी आदेश भेज दिया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम सभी जिलों में एक एक डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय खोलेगी इन केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी निगम के अनुसार इस कदम से राज्य के साढ़े चार लाख से अधिक परिवारों को फायदा होगा आज करगिल विजय दिवस की उन्नीसवीं वर्षगांठ मनायी जा रही है यह दिन उन्नीस सौ निन्यानवे में करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और देश के लिए शहादत देने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है इस अवसर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है नालंदा जिले के एकंगरसराय थाने के दारोगा मदन यादव को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने दस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है वहीं मूजफ्फरपूर जिले के बोचहां थाने में पदस्थापित दारोगा मोहम्मद सनाउल्लाह का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पूलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने उसे निलंबित कर दिया है भारतीय स्टेट बैंक की पटना स्थित मौर्यलोक शाखा से छियासी लाख रूपये गबन के मामले में मुख्य शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है सीतामढ़ी जिले के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शुभ नारायण दत्त की हत्या के मामले में नाजिर मुरारी पासवान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के कुमकुमपुर पंचायत में तत्कालीन पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा शौचालय निर्माण में लगभग बावन लाख रूपये गबन के मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है शिक्षक पात्रता परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी के मामले में पुलिस ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गिरफ्तार दो कर्मियों को रिमांड पर लिया है सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पुलिस निगरानी जांच ब्यूरो की भी मदद लेगी राज्य सरकार ने सभी जिलों से अतिथि शिक्षकों की बहाली कर पांच अगस्त तक संबंधित रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवगठित पूर्णिया विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है आयोग की टीम सितम्बर महीने में विश्वविद्यालय का दौरा करेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए निबंधन की तिथि बढ़ाकर अट्ठाईस जुलाई कर दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधान मंडल की कार्यवाही से जूड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने विधानसभा में सूखे पर हुई चर्चा को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है बिहार इकतीस को सूखाग्रस्त घोषित हो सकता है दैनिक जागरण की सुर्खी है मुजफ्फरपुर कांड की आज कोर्ट में सुनवाई प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर कांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है जांच अंतिम चरण में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर ने लिखा है उत्तर प्रदेश में बना लोकल थंडर स्टॉर्म पटना पहुंचा पहली बार मॉनसून ने दिखाया रंग झूम कर बरसा राष्ट्रीय सहारा की खबर है बैंकों का पैसा लेकर भागने वालों की अब खैर नहीं आज ने पाकिस्तान में हुई आम चुनाव से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है त्रिशंकु असम्बेली की ओर पाकिस्तान

संसद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक दो हजार अठारह पारित किया